मास्क पहनें दो गज़ दूरी है ज़रूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ़ रखें अब समाचार विस्तार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में बेसिक शिक्षा परिषद में उन्हत्तर हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती के दूसरे चरण में छत्तीस हजार पांच सौ नब्बे चयनित अभ्यर्थियों को नियक्ति पत्र प्रदान किये श्री योगी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये नवनियुक्त शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि बेसिक स्तर के शिक्षकों की भूमिका अहम है क्योंकि यह देश के भविष्य की नींव मज़बूत करते हैं उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में इमानदारी के साथ काम करना एक चुनौती है जिसमें कई रूकावटे आती हैं लेकिन इसके बावजूद राज्य में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पूरी शुचिता और पारदर्शिता के साथ सम्पन्न कराई गई है बाइट सभी शिक्षक अपना नियुक्ति पत्र लेने के साथ जनपद और जनपदों में कौन से विद्यालय उनको दिये जा रहे है बेसिक शिक्षा परिषद इन चीजों को एकबार देखेंगे मेरिट के आधार बिना भेदभाव के किसी भी प्रकार की कोई शिकायत की गुंजाइश कही से भी नहीं होनी चाहिये पूरी पारदर्शी तरीके से कार्यक्रम होने चाहिये और इस प्रक्रिया को पूरा करते हुए हम लोग बेसिक शिक्षा परिषद उन सीीी जो सुधारात्मक कदम बेसिक शिक्षा परिषद ने इस दौरान उठाये है इन सभी हमें तीव्रगति से आगे बढ़ाने का कार्य अब प्रारम्भ करना चाहिये जब भी बेसिक शिक्षा परिषद में बच्चों को विद्यालय में बुलाने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी हम उस दौरान इस कार्यक्रम को और तीव्रता को साथ आगे बढ़ने का कार्य करेंगे

समारोह को संबोधित करते हुए श्री गंगवार ने कहा कि मौजूदा सरकार के प्रयासों से राज्य में शिक्षा के स्तर में खासा सुधार हो रहा है उन्होंने कहा कि योगी सरकार पूरी जिम्मेदारी के साथ काम कर रही है

इस अवसर पर श्री पाल ने कहा कि मौजद्रा सरकार के कार्यकाल में शिक्षा का स्तर बढ़ा है उन्होंने कहा कि इस भर्ती से बच्चों को गुणवत्तापरक बुनियादी शिक्षा मिलेगी बाइट इन अध्यापकों की नियुक्ति से अब एक तो प्राइमरी एज्ञकेशन में नवाचार की शिक्षा होगी गुणवत्तापरक शिक्षा होगा और उन विद्यालयों में बच्चों को कम से कम मिशन प्रेरणा के तहत अब एक ऑपरेशन कायाकल्प के तहत निश्चित तौर से जो बुनियादी शिक्षा बच्चों के भविश्य को संवारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इस नियुक्तियों से वह मार्ग प्रशस्त हुआ है वहीं बस्ती जिले में चयनित शिक्षिका श्वेता त्रिपाठी ने पारदर्शिता के साथ शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि इससे चयनित शिक्षकों को शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देने का अवसर मिलेगा बाइट आज हम लोगों को जो नियुक्ति पत्र दिया गया है उससे हमें बहुत ही खूशी की प्राप्ति हो रही है और हम सरकार को भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने यह गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा को बहुत ही अच्छा सुअवसर प्रदान किया है ताकि हम सभी भावी शिक्षक इस क्षेत्र में अपना योगदान दे सके उत्तर प्रदेश सरकार को बहुत ही बहुत धन्यवाद इसके अलावा कानपुर देहात मिर्जापुर सुल्तानपुर में भी जनप्रतिनिधियों ने शिक्षकों को नियक्ति पत्र वितरित किये

इस मेट्रा रेल मार्ग पर शहर के सभी महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों को गंतव्य बनाया गया है आगरा मेट्रो के शुरू होने पर ताजमहल को देखने आने वाले विश्वभर के पर्यटकों को इस हरित परिवहन का नया अनुभव हासिल होगा

तीन ऐलिवेटिड स्टेशन और तीन अंडरग्राउंड स्टेशन हैं

उन्होंने कहा कि पहली बार यूनेस्को के दिशा निर्देशों के मुताबिक पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग और आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर हैरीटेज इम्पेक्ट असेसमेंट भी किया गया है आगरा उत्तर प्रदेश के उन शहरों में शामिल है जहां प्रदूषण काफी अधिक है और मेट्रो चलने से शहर के प्रदूषण के स्तर को कम करने में निश्चित रूप से मदद मिलेगी सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ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

इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री योगी ने कहा कि स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के साथ साथ कई विभागों के बेहतर तालमेल का नतीजा है कि राज्य में प्रतिदिन डेढ़ लाख से पौने दो लाख तक टेस्ट हो रहे हैं श्री योगी ने कहा कि देश में कोई भी राज्य इतने बड़े पैमाने पर जांच नहों कर रहा है

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में यह अपने आप में किसी उपलब्धि से कम नहीं है

उन्होंने कहा कि कोरोना से संक्रमित मरीजों के इलाज के लिये बेहतर व्यवस्था हर हाल में सुनिश्चित की जाये इसमें किसी भी तरह की शिथिलता नहीं बरतो जानो चाहिये

इससे कोरोना के प्रसार पर काबू पाने में मदद मिली इस दौरान मुख्यमंत्री ने कोरोना वैक्सीन की उपलब्धता और इसके लिये जरूरी कोल्ड चेन बनाने के बारे में विस्तार से चर्चा की

उन्होंने कहा कि इन सभी गांवों के समुचित और आर्थिक विकास को गति देने के लिये निर्धारित कार्य योजना को तेजो से लागू किया जाये जल शक्ति मंत्री ने कहा कि गंगा के किनारों पर पर्यटन की अपार संभावनाओं के मद्देनजर किनारों पर आबाद धार्मिक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक स्थलों और गंगा घाटों को विकसित किया जायेगा गंगा किनारे की सभी गांव पंचायतों में गंगा घाटों पर चबूतरा बनवाकर गंगा आरती की व्यवस्था भी की जायेगी

समाप्त